इनमें से सबसे ज्यादा मामले टिहरी जिले के हैं

हर बेड के लिए पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है एक महीने के अंदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए ऋषिकेश और देहराद्न के चक्कर न लगाने पड़े

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने एक हजार बेड की आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार की है

उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल बौराड़ी की फ्लू ओपीडी को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई टिहरी और श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय की ओपीडी टीबी अस्पताल में शिफ्ट की गई है जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के आठ गांवों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है

करीब एक सप्ताह के बाद भी किसी ग्रामीण में कोरोना के लक्षण नहीं नजर आये हैं धर्मशालाओं को राहत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने धर्मशालाओं को तीन महीने के बिजली के फिक्सड चार्ज से छट देने की घोषणा की है इसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी इससे पहले होटल रेस्तरां ाबा आदि को अप्रैल से जून तक बिजली के फिक्सड चार्ज से छूट दी गई थी लेकिन इसमें धर्मशालाएं शामिल नहीं थी अब राज्य सरकार ने धर्मशालाओं के तीन महीने के फिक्सड चार्ज को भी माफ कर बड़ी राहत दी है सुबोध उनियाल प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि केंद्र सरकार दवारा जारी किये गए आत्मनिर्भर पैकज का लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा उन्होंने कहां कि सरकार ने किसानों इस पैकज में कई सौगात दी है इससे उत्तराखंड के किसानों की आर्थित स्थिति भी मजबूत होगी

इन राज्यों में उतराखंड भी शामिल है

प्रत्येक केंद्रीय दल में तीन सदस्य हैं जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ महामारी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ संय्क्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी शामिल हैं

इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बडी राशि का प्रावधान किया गया है

कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से किराए के साथ साथ उनको दी गयी सभी स्विधाओं का प्रचलित मार्केट रेट के हिसाब से वसूला जाय मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि केन्द्र सरकार की गाईडलाइन और राज्य सरकार के निर्देशान्सार जोन निर्धारण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है

परेड समीक्षा आईएमए कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच आज देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर की परेड आयोजित की गई

परेड का रिव्यू आईएमए के उप कमांडेंट और म्ख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल जेएस मंगत ने की उन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना द्निया में सबसे अच्छी है उन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सेना के बेहतरीन अधिकारी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एक अधिकारी के रूप में उन्हें अपने इरादे कार्रवाई की सत्यता और आचरण के आधार पर सम्मान और विश्वास अर्जित करना होगा

पौडी प्रवासी कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए शहरों से पौड़ी वापस लौटे प्रवासी जीवनयापन के लिए खेती के काम में ज्ट गये हैं

जिले में मनरेगा के अन्तर्गत सबसे ज्यादा काम खेती के ही किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रवासी भी खेतीबाड़ी के काम में ज्ट गये हैं साथ ही खेती में रोजगार परक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है होप पोर्टल उतरकाशी राज्य में होप पोर्टल के माध्यम से प्रवासियों और युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए पंजीकृत किया जा रहा है इस संबंध में उत्तरकाशी के मुख्य विकास अधिकारी पीसी डंडरियाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं जिला सेवायोजन अधिकारी विनायक श्रीवास्तव ने बताया कि होप पोर्टल के माध्यम ने य्वक य्वतियां और प्रवासी खुद को पंजीकृत कर सकते हैं उनका डाटाबेस बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार को लेकर सहायता दी जाएगी